कोविड मरीजों की संख्यो फिर से बढ़ रही है श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताहीन बरतें

सुरक्षित रहें और तीन आसानउपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें चिकित्सक आपके द्वार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों पर राज्य में चिकित्सक आपके द्वार सेवा की शुरुआत की शुरूआत की गई है सरकार की इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जनता को अब घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सको का परामर्श मिल सकेगा सेवा का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक चिकित्सकीय परामर्श पहॅचाना है सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कई अस्पतालों की ओर्पोडी सेवाएँ प्रभावित हई हैं

इस सेवा के माध्यम से नॉन कोविड मरीजों को भी घर बैठे निशुल्क परामर्श मिल सकेगा

इस बीच प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय आगामी शुक्रवार शनिवार और रविवार को बन्द रहेंगे इस दौरान सरकारी कार्यालयों और उसके आस पास सैनेटाइजेशन का कार्य किया जायेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीतने के लिये सभी के समन्वित प्रयास और सरकारी और निजी सभी उपलब्ध संसाधनों का अनुकलतम उपयोग जरूरी है यह बात मुख्यमंत्री ने आज निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही उन्होंने बताया कि संक्रमण के बीच मैन पावर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए और लोगों को ओपीडी के लिए ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए

सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

वायुसेना प्रयास देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है वायुसेना ने महामारी पर अंकृश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कन्टेनर और सिलेंडर आवश्यक दवाए उपकरण तथा चिकित्साकर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है भारतीय वायुसेना ने कोच्चि मुंबई विशाखापत्तनम और बेंगलुरू से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया वायुसेना ने बेंगलुरू से डीआरडीओ के ऑक्सजीन कंटेनर दिल्ली के कोविड केन्द्रों में पहंचाए

रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने भाग लिया

टीकाकरण अभियान देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड की कमी नहीं है राजधानी देहरादून में राज्य से बाहर के मरीजों के कारण दवाब है जिसको देखते हुए आईसीय बेड की संख्या बढ़ाने के लगातार प्रयास हो रहे है निधन उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल सिंह रावत का आज निधन हो गया है श्री रावत बीते काफी दिनों से बीमार चल रहे थे उनके आकस्मिक निधन से भाजपा समेत पुरे प्रदेश में शोक की लहर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गंगोत्री विधायक के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने श्री रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने श्री रावत के निधन को अपूर्णिय क्षति बताया है मौसम मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फवारी हो सकती है इसके साथ ही मैदानी जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से बहत हल्की वर्षा होने की संभावना है पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली भी चमक सकती है

आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी वादकारी अपना कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वह ई मेल फैक्स पंजीकत डाक आदि माध्यमों जमा करा सकता है प्लाज्मा डोनर नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को मदद पहॅचाने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि है कि जिले में कोरोनो संक्रमण से ठीक हो चुके लोगो के साथ साथ प्लाज्मा डोनरो को सुचीबद्व कर रहा है जिससे जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों की मदद की जा सकेगी श्री गईयाल ने बताया कि समी अस्पताल अब रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की जानकारी नाम पता और मोबाईल नम्बर प्रशासन को उपलब्ध कराएगा और प्लाज्मा डोनरर्स सुचीबद्ध किए जाएंगे जिलाधिकारी ने कहा कि इस सुविधा से कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को प्लाज्मा के लिए परेशान नही होना पडेगा

इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है